सभी बाजार दुकानें और सब्जी मंडियां शाम चार बजे तक ही खुली रहेंगी

सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर अंठानवे हजार से अधिक हुई कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान एक मई से शुरू हो रहा है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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हये प्रदेश में आज शाम छह बजे से कर्फ्यू लागू होगा कर्फ्यू की समय सीमा सुबह छह बजे तक होगी बारह घंटे की कर्फ्यू भी पन्द्रह मई तक प्रभावी होगी कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए यह दिशा निर्देश जारी किये गये हैं हालांकि अनिवार्य सेवाओं पर नये निर्देश प्रभावी नहीं होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक में यह फैसला किया गया बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि अब दुकानें शाम चार बजे तक ही खुलेंगी उन्होंने बताया कि अब सरकारी और निजी कार्यालय पच्चीस प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही संचालित होंगे ऑफिस शाम चार बजे ही बंद हो जायेंगे

श्री सुबहानी ने बताया कि शादी समारोह को रात दस बजे तक ही पूरा कर लेना होगा शादी समारोह में डीजे पर प्रतिबंध रहेगा उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को नये दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है श्री सुबहानी ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हये विशेषाधिकार दिये गये हैं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना समीक्षा बैठक में कहा कि अस्पतालों में बेड पाईप ऑक्सीजन वेंटीलेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए उन्होंने इस क्रम में आवश्यक चिकित्सक लैब टेक्नीसियन नर्स और पारा मेडिकल स्टाफ के अस्थायी पदों का सुजन कर वाक इन इन्टरव्यू के माध्यम से न्यूनतम एक वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति की जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सेवानिवृत्त चिकित्सकों एलोपैथिक आयुष डेंटिस्ट को भी काम पर उपर्युक्त आवश्यकता के अनुसार लगाया जाएगा श्री कुमार ने आदेश दिया कि कोविड के लक्षण वाले रोगी को भी अस्पताल में भर्ती कर उनका ईलाज किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों से चुनाव से लौटे पुलिस कर्मियों की कोविड जाँच की जाए श्री कुमार ने कहा कि पिछले वर्ष की तरह मुज्जफरपुर में कोरोना संक्रमण के लिए अतिरिक्त अस्थायी अस्पताल का निर्माण कराया जाय चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी की सुरक्षा के लिए गृह विभाग तथा जिला प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करे कोरोना के तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए अस्सी लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल शाम चार बजे से सात बजे तक पहले तीन घंटों में अस्सी लाख से अधिक लोगों ने कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराया मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म का सर्वर क्रैश होने संबंधी कुछ मीडिया की खबरें गलत और आधारहीन हैं पहले तीन घंटों के भीतर अड़तीस करोड़ तीस लाख एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस हिट आए और एक करोड़ पैंतालीस लाख एसएमएस सफलतापूर्वक भेजे गए उन्होंने कहा कि यह आंकड़े इस बात का संकेत हैं पंजीकरण प्रणाली बिना किसी बाधा के काम कर रही है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है यह प्रति सेकंड पचपन हजार हिट दर्ज कर रही है और पूरी तरह कार्यरत है मंत्रालय ने बताया कि कोविन सॉफ्टवेयर गतिशील और विश्वसनीय प्रौद्योगिकी है जिसके जरिये कोविड टीकाकरण के लिए कभी भी और कहीं से भी पंजीकरण कराया जा सकता है बाईट इस फेज में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और वहीं से लोगों को टीका लगवाने की जगह और तारीख का पता चलेगा पिछले चरण की तरह लोग फेज में जाकर टीका नहीं लगावा सकेंगे लोगों को अपने मोबाइल नम्बर में माध्यम से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा इस पोर्टल पर उन्हें जरूरी जानकारियों के अलावा एक फोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करना होगा इसके बाद उन्हें टीकाकरण की तारीख अपनी सुविधा के अनुसार तय करना होगा इन प्रक्रियों को पूरा करने के बाद मोबाइल पर पंजीकरण पुष्टि का एक मैसेज आयेगा जिसे टीकाकरण के समय दिखाना होगा इस चरण में केन्द्र ने राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने का भी छूट दी है

गौरतलब है कि अठारह वर्ष से अधिक आयु के लोगों के कोविड टीकाकरण का पंजीकरण कल से शुरू हो गया है ऐसे लोगों को अगले महीने की पहली तारीख से टीका लगाया जाएगा सभी योग्य व्यक्ति कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट इन या आरोग्य सेतु एप और उमंग ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं राज्य में अब तक उनहत्तर लाख पचपन हजार से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान सतासी हजार तीन सौ अड़तालीस लोगों को टीका लगाया गया है इधर देश भर में अब तक लगभग पन्द्रह करोड़ लोगों को कोविड टीके लगाये जा चुके हैं राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द कोरोना का टीका लेने का निर्देश दिया है डीजीपी से निर्देश मिलने के बाद एडीजी विधि व्यवस्था अमित कुमार ने सभी एडीजी आईजी डीआईजी एसपी को एक पत्र भेजा है एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड टीका लेने की अपील करते हुये कहा है कि यह टीका संक्रमण से बचाने के साथ साथ जान के जोखिम को कम करता है

पहले यह चार सौ रुपये में मिलती थी कम्पनी ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए इसकी कीमत छह सौ रुपये तय की है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के रिकॉर्ड तेरह हजार तीन सौ चौहत्तर नये मामले सामने आये हैं यह एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या है पटना से सबसे अधिक दो हजार दो सौ सात मामलों की पुष्टि हुई है गया से एक हजार एक सौ तैंतीस बेगूसराय से सात सौ चौंसठ औरंगाबाद से पांच सौ संतानवे सारण से पांच सौ नवासी पूर्णियां से पांच सौ अड़तालीस और पश्चिम चम्पारण से पांच सौ सैंतालीस मामले दर्ज किये गये हैं वहीं इसी अवधि में आठ हजार आठ सौ अठारह मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी इसके साथ स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर कर तीन लाख चालीस हजार दो सौ छत्तीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर सतहत्तर प्रतिशत से अधिक है एक दिन में चौरासी लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर दो हजार तीन सौ सात हो गया है फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या अंठानवे हजार सात सौ सैंतालीस है कटिहार जिला प्रशासन ने शादी समारोह में सौ से अधिक लोगों के पाये जाने की स्थिति में आयोजक विवाह भवन और होटल मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है पूर्वी चम्पारण जिले के रक्सौल में मारवाड़ी संस्था ने निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक की श्रूआत की है इस संस्था से सम्पर्क कर जरूरतमंद ऑक्सीजन ले सकते हैं पटना के कंकड़बाग स्थिति पाटलिपुत्र खेल परिसर में सौ बेड वाला कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अस्थायी अस्पताल में ऑक्सीजन और आईसीयू की उपलब्धता भी रहेगी राज्य में पिछले तीन दिनों से चल रही पछुआ हवा से परेशान लोगों को आज सुबह राहत मिली पूरबा हवा चलने के कारण तापमान में गिरावट हुई है मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान मौसम में और बदलाव होगा उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश से बंगाल तक एक ट्रफ लाईन गुजर रही है जिसके प्रभाव से उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और राज्य सरकार के रात्रि कर्फ्यू समेत अन्य नये दिशा निर्देशों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है आज से अपराहन चार बजे ही बंद हो जायेंगी सभी दुकानें शाम छह बजे से रात्रि कर्फ्यू हिन्दुस्तान अखबार ने कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते मामलों का उल्लेख करते हुये शीर्षक दिया है राज्य में रिकॉर्ड तेरह हजार तीन सौ चौहत्तर नये संक्रमित दैनिक जागरण राज्य में ऑक्सीजनक की उपलब्धता पर लिखा है ऑक्सीजन के अभाव में खाली हैं हजार बेड प्रभात खबर लिखता है पीएम केयर्स से खरीदे जायेंगे एक लाख ऑक्सीजन कन्संट्रेटर दैनिक आज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना पर समीक्षा बैठक को बड़ी खबर बनाते हुये लिखा है बिहार में नहीं लगेगा लॉकडाउन

सभी बाजार दुकानें और सब्जी मंडियां शाम चार बजे तक ही खुली रहेंगी

सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर अंठानवे हजार से अधिक हुई